राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सदस्य नारायण बेनीवाल तथा अन्य सदस्यों ने शून्यकाल में इस मुददे को उठाते हुए कहा कि सरकार ने इस मसले पर संवेदनहीनता का परिचय दिया है उन्होंने कहा कि इस मामले पर थानागाजी प्रकरण की तरह तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए और नागौर जिले के पुलिस अधीक्षक को एपीओ किया जाना चाहिए

पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा कैदियों की पहचान के बाद उनकी वतन वापसी की प्रकिया शुरू की जायेगी

समझौते के तहत दोनो देशों की जेलों में बंद एक दूसरे के नागरिकों को कोनूनी मदद उपलब्ध कराने के साथ वतन वापसी में सहयोग किया जाता है

अहमदाबाद में श्री ट्रम्प प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ रोड शो में भाग ले रहे है दोनो नेता अब से कुछ देर बाद मोटेरा किकेंट स्टेडियम में नमस्ते ट्रम्प कार्यक्रम में एक लाख से अधिक लोगों को संबोधित करेंगे इस कार्यक्रम के बाद ट्रम्प पहले आगरा और बाद में दिल्ली जायेंगे जहां उनके और श्री मोदी के बीच प्रतिनिधि मण्डल स्तर की वार्ता होगी

इस मिशन के तहत देशभर के स्कलों में युवाओं में रचनात्मकता और कौशल को बढ़ावा देने के लिए अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं स्थापित की जा रही हैं

केन्द्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान के तहत राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के जोडे बनाये गये है हमारा देश विविधता में एकता की विशेषता लिये हुए है और यही विशेषता इसे विश्व मंच पर और खास बना देती है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल मन की बात कार्यक्रम में भारत की विशेषताओं का जिक करते हुए दिल्ली में आयोजित हनर हाट के बारे में बताया था और जनता से आग्रह किया था कि वे ऐसे मौको पॅर जाकर एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को महसूस करें

शाम को चांद दिखा तो दरवाजा खुला रहेगा अन्यथा आस्ताना के साथ ही बंद कर दिया जायेगा उर्स संयोजक ने बताया कि चांद दिखने पर आज रात से ही उर्स की रस्मे शुरू हो जायेंगी

मुखबीर से मिली सूचना के आधार पर रुकनसर बस स्टैंड के पास इन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया ये लोग आसाम से हाथीदांत लेकर आये थे